शिक्षा मंत्री ने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र में भी सरकारी कालेज खोलने का प्रस्ताव है

बालाकोट हवाई हमले की पहली वर्षगांठ के अवसार पर वायू सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एक भदौरिया ने आज श्रीनगर में बालाकोट की कारवाई में शामिल बहादुर जवानों के साथ मुलाकात की

उन्होंने अत्याध्यनिक विमानों और हथियारों का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया और उन्होंने सही किया वायु सेना को उन पर गर्व है उन्होंने कहा कि यदि सीमा पार से हमले की साजिश की जाती है तो उसका तत्काल और बहत बड़ी जवाब दिया जायेगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नइडा ने कहा है कि विनायक दामोदर सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी विचारक और प्रभावशाली वक्ता थे आज नई दिल्ली में दो दिन चलने वाली सावरकर साहित्य सम्मेलन में एक वीडियो संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि वीर सावरकर ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और लोगों को प्रेरित किया इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह ने कहा कि वीर सावरकर केवल क्रांतिकारी नहीं नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया उल्लेख्नीय है ये कार्यक्रम वीर सावरकर की पृण्यतिथि पर आयोजित किया गया है हरियाणा के उपमुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार रेलवे ऊपर गामी प्लों और रेलवे अवरगामी पुलों का निर्माण करके प्रदेश के सभी रेलवे फाटक हटायेगी इसके लिए राज्य सरकार दवारा रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता किया गया है उप म्ख्यमंत्री ने सदन को ये जानकारी प्रश्काल के दौरान एक सवाल के जवाब में दी उन्होंने कहा कि बादली निर्वाचित क्षेत्र के गांव पलपा के एक तरफ राजय राजमार्ग है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है और कृंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे भी इसके साथ साथ जाता है

उन्होंने कहा कि कंपनियों पेलपा सुबाना और सोंधी में अपने यूनिट लगाये है और क्षेत्र का और अधिक औदयोंगिक विकास सुनिश्चित करने तथा सड़कों को मजबूत करने के लिए उदयोगों का सहयोग भी लिया जायेगा हरियाणा के विद्वयुत तथा नवीवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री रंजीत सिंह ने कहा है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत एक बार मीटर बदलने का पून लगाने का कार्य मौके पर किया जायेगा और मीटर को एम एंड लैब में आगे निरीक्षण के लिए नहीं भेजा जायेगा

इसके तहत सेवा की ग्णवता में स्धार के लिए नंगी तारों को एबी केबल के साथ बदलने खराब या इलैक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को बदलने बिजली मीटरों को घरों से बाहर शिफ्ट करने वितरण ट्रांसफार्मरों का अन्रक्षण करने तथा एलडी प्रणाली का अन्रक्षण जैसी गतिविधियां चलाई जाती हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दवारा पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहसर का जवाब देते हये दिये बयान की चाहे शहीद होना पड़े पंजाब से पानी नहीं दिया जायेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर कुछ भी कहें हरियाणा सर्वोच्च न्यायालय से पानी का केस जीत चुका है और कानून अनुसार पंजाब को हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी देना पड़ेगा

जननायक जनता पार्टी के विदयायक राजकमार गौतम ने आज शुन्यकाल में सुझाव दिया कि पुलिस में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये पुलिस कर्मियों का वेतन पंजाब के समान किया जाना चाहिए उन्होंने टीजीटी अध्यापकों की भर्ती में एचटेट के लिए दो साल का समय करने की मांग भी की और सरकार से गायों की स्रक्षा के लिए कदम उठाने को कहा उन्होंने कहा कि मिलावट खोरी के लिए भी सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिये क्योंकि ये जानलेवा है उन्होंने कहा कि मिलावट खोरो के लिए सरकार को उम्रकैद या फांसी की सज़ा का प्रावधान करना चाहिए उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी ने च्नाव में बहत से वायदे किये थे

शून्यकाल में ही विधायक मामन खां द्वारा मेवात में शिक्षा और स्कूलों में अध्यापकों की कमी का मृद्दा उठाया गया उन्होंने कहा कि इससे पढ़ाई का काफी हर्ज हो रहा है हरियाणा प्लिस ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल में हुई हिंसा के दृष्ट्रिगत राज्य भर में और विशेष रूप से दिल्ली के साथ लगते जिलों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए एउवाइजरी जारी की है अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्कने आज चंडीगढ़ में बताया कि पिछले दो दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा पथराव आगजनी आदि की कई घटनायें हुई जिससे प्लिस ने एहतियाती कदम उठाते हुये प्रदेश के सभी प्लिस आयुक्तों व अधीक्षकों को एडवाइजरी जारी कर सर्तकता बरतने तथा एहतियाती उपाय करने को कहा है करीब चार साल पहले चार पहले जनवरी को यमुना नगर के कोर्ट परिसर में गैंगस्टर मोनू राणा और प्लिस के सब इस्पेक्टर जोगिन्द्रर सिंह को गोली मामले के मामले में अदालत ने आज गैंगस्टर भूप्पी राधा गोली चलाने वाले सहित और गौरव को दस दस साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है